प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर अनेकता में एकता राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर व मंडी ज़िले के सराज विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं के किए उदघाटन व शिलान्यास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हिमाचल के साथ लगती भारत चीन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का केंद्र से किया आग्रह पीएम राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है आज ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्वभर मेंए सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले कोरोडो करोडों भारत भक्तों कोए राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटिकोटि बधाई प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सियावर रामचन्द्र की जय की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है आज पूरा भारत भावुक है सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा

नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गुण के कारण ही श्रीराम सम्पूर्ण हैं उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बन्ध्रों से सहयोग लिया उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मन्दिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पृण्य कार्य शरू हआ है राम मंदिर के लिए कईकई सदियों तक कईकई पीढियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था संघर्ष भी था संकल्प भी था त्यागए बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है प्रधानमंत्री ने भूमि प्रजन से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और प्रजा भी की प्रदेश राम मंदिर इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राम मंदिर भूमि पूजन को देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया है एक संदेश में उन्होंने कहा कि युग युगांतर से भगवान श्री राम हमारी संस्कृति व आस्था के केंद्र रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्तव्य निष्ठा व त्याग की प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरूषोतम श्रीराम ने मानवता को मार्ग दिखाया इधर प्रदेश भाजपा ने शिमला में राम मंदिर भूमि प्रजन के अवसर पर दीप माला कार्यक्रम आयोजित किया

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुण्य भूमि हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दिव्य दर्शन का केंद्र बिंद् होगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार से हिमाचल के साथ लगती भारत चीन सीमा पर चीन की पूरी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने और सुरक्षा व्यवस्था व खूफिया तंत्र को मजबूत करने की मांग की है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में राठौर ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा है राठौर ने कहा कि उन्होंने केंद्र से स्पीति घाटी में जल्द ही एक एयरपोर्ट बनाने का आग्रह भी किया है ताकि यहां सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को आवाजाही की सुविधा मिल सके भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए प्रदेश में वनों के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है भाजपा मंडल शिमला व वन विभाग द्वारा समरहिल में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि निर्माण कार्यो और पेड़ों की आयु खत्म होने से शिमला के वन क्षेत्र फल में कमी दर्ज की गई है इस अवसर भाजपा कार्यकर्ताओं और वन विभाग के कर्मचारियों ने करीब दो सौ पौधे रोपित किए गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की उन्होंने बोर्ड द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर संतोष जताते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में बोर्ड ने तय समय सीमा के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सराहनीय कार्य किया है गोविंद ठाकुर ने कहा कि बोर्ड द्वारा भविष्य में पाठयक्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग आपसी तालमेल से योजना तैयार करेंगे ताकि इसे तय समय के भीतर प्रदेश में लागू किया जा सके राकेश पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि कांगडा ज़िले में नुरपूर के चौगान में जल्द ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा मंत्री पद संभालने के बाद राकेश पठानिया आज पहली बार अपने गृह क्षेत्र नुरपूर पहुंचे उन्होंने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है कुंडु सीआईडी ने कोरोना संकट काल में वेंटिलेटर खरीद को लेकर गुमनाम पत्र जारी कर षडयंत्र रचने वाले व्यक्ति को बेनकाब कर लिया है प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंड् और जांच से जुड़े अधिकारियों ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि ये व्यक्ति चंडीगढ़ के मोहाली स्थित कार्डियो लैब से संबंधित है इस व्यक्ति ने नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए गुमनाम पत्र भेजने की साजिश रची थी संजय कुंडू ने कहा कि इस मामले में जल्द ही जांच पुरी कर क्राईम ब्रांच न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करेगी पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कोरोना संकट काल में राज्य में आत्महत्या के मामलों में वृद्वि दर्ज की गई है उन्होंने आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत पर भी बल दिया